राज्य विधानमंडल का बजट सत्र विपक्ष के भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच आज से शुरू हो गया सत्र के पहले दिन राज्यपाल राम नाईक ने विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गो विशेष रूप से वंचितों शोषितों किसानों महिलाओं और समाज के अन्य उपेक्षित वर्गो के उन्नयन के लिये प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में अनेक योजनाएं संचालित कर रही है श्री नाईक ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में काफो सुधार हुआ है अपराधियों के खिलाफ चलाये गये अभियान से राज्य में अपराधों में काफो कमी आई है और महिला सुरक्षा की दिशा में प्रभावी कदम उठाये गये हैं

उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को नई पहचान दिला कर प्रदेश के गौरव को पुर्नस्थापित कर रही है कुंभ और प्रवासी भारतीय दिवस का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इन दोनों आयोजनों की सफलता से प्रदेश के बारे में लोगों का नजरिया बदला है और पर्यटन मानचित्र पर राज्य देश में पहले स्थान पर आ गया है उन्होंने कहा कि इंवेस्टर्स समिट के जरिये इकसठ हजार करोड़ रूपये निवश की परियोजनाएं धरातल पर आ गई है राज्यपाल ने कहा कि किसानों के हितों के लिये कई योजनाएं संचालित की गई है इसी क्रम में गन्ना किसानों को अब तक रिकार्ड बावन हजार करोड़ रूपये का भूगतान किया जा चुका है

राज्यपाल ने ओडीएफ मिशन उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिये सरकार के प्रयासों की सराहना की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने विपक्षी सदस्यों के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह आचरण संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का कुत्सित प्रयास है बाइट इन दलों का यह जो कुत्सित प्रयास है यह इस बात को साबित करता है इनकी लोकतंत्र में निष्ठा नहीं है और यह कैसे संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं जिस प्रकार का आचरण इन दलों के द्वारा सदन के अंदर किया गया है वह अत्यंत निंदनीय है हम सब उसकी भर्त्सना करते हैं यह लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है सात फरवरी को सदन में बजट पेश किया जायेगा यह मौजूदा सरकार का तीसरा बजट होगा बजट सत्र बाईस फरवरी तक जारी रहेगा प्रदेश सरकार ने सभी विभागों और निगमों में हड़ताल पर रोक लगाते हुए छह महीने की अवधि के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम ऐस्मा लागू कर दिया है

पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार और राज्य कर्मचारी संघ के बीच वार्ता विफल रहने के कारण यह कदम उठाया गया है राज्य के कुछ कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग के समर्थन में छह फरवरी को हडताल पर जाने की चेतावनी दी थी उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को सीबीआई के समक्ष पेश होने का निर्देश देत हुए कहा है कि वे शारदा चिटफंड घोटाले की जांच में सीबीआई के साथ पूरी ईमानदारी से सहयोग करें न्यायालय ने श्री कुमार को पूछताछ के लिए सीबीआई के समक्ष मेघालय की राजधानी शिलाग में पेश होने को कहा है

न्यायालय सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि श्री कुमार घोटाले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने सीबीआइ को फर्जा दस्तावेज सौंपे हैं

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उच्चतम न्यायालय के आदेश को सीबीआई की नैतिक जीत बताया है संसद से बाहर श्री प्रसाद ने कहा कि चिटफंड घोटाला मामले की निष्पक्ष जांच जारी रहेगी श्री प्रसाद ने कहा कि पहले भी टीएमसी के कई नेता चिटफंड घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए लेकिन ममता बनर्जी ने इस तरह का धरना नहीं दिया उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस अधिकारी घोटाले के बहुत से रहस्यों को जानते हैं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

प्रयागराज कुंभ में कल मौनी अमावस्या के शाही स्नान के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के बाद मेला प्रशासन ने अगले शाही स्नान के लिये तैयारियां शुरू कर दी हैं

कुंभ मीडिया सेन्टर में आयोजित संयुक्त प्रेसवार्ता में बातचीत करते हुए प्रयागराज के मंडलायुक्त आशीष गोयल और मेला अधिकारी विजय किरन आनन्द ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कल सम्पन्न शाही स्नान में साढ़े पांच करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई उन्होंने बताया कि अब तक सम्पन्न स्नानों में तेरह करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज लखनऊ में पहला वोट मोदी को संकल्प अभियान की शुरूआत की

भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा शुरू किया जा रहा यह अभियान प्रदेश की सभी अस्सी लोकसभा और चार सौ तीन विधानसभाओं में चलाया जायेगा अभियान के तहत हर विधानसभा में एक वैन संचालित की जायेगो जो मोदी सरकार की उपलब्धियां और संदेश ऐसे यूवाओं तक पहुंचायेगी जो पहली बार लोकसभा में अपने मताधिकार का उपयोग करने जा रहे हैं

बाराबंकी जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बेहतर करने और प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देने के लिये हर माह सभी विद्यालयों के मेधावी छात्रों के बीच प्रतियोगी परीक्षा सम्पन्न कराई जाती है अच्छे शिक्षक अच्छा स्कूल अच्छे छात्र और अच्छा समाज नाम से शुरू की गई इस पहल के तहत इस माह संस्कृत और अंग्रेजो विषय की परीक्षा कराने के बाद निंदूरा विकास खंड में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को कल सम्मानित किया गया इस कार्यक्रम में कुर्सी विधानसभा के विधायक साकेन्द्र वर्मा और निंदूरा विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार शुक्ल ने मधावी छात्रों को पुरस्कार बांटे भारतीय बैंक संघ ने बैंकों को परामर्श जारी कर तीन लाख रूपये तक के कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड के लिए प्रक्रिया दस्तावेजोकरण जांच और अन्य सभी सेवा प्रभार माफ करने का अनुरोध किया है

सरकार न किसान क्रेडिट कार्ड के तहत वित्तीय समावेशन का अभियान शुरू करने का फैसला किया है विज्ञप्ति के अनसार इस अभियान की शुरूआत राज्य सरकारों के सहयोग से वित्तीय संस्थानों के जरिये की जाएगी वित्तीय सेवा विभाग इस बारे में वित्तीय संस्थानों को निर्देश जारी कर चुका है